स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री ने स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित वितरण करने को भी कहा है प्रधानमंत्री ने आज कोविड और टीकाकरण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की बैठक के दौरान अधिकारियों ने राज्यों और जिला स्थिति जांच क्षमता ऑक्सीजन की उपलब्धता स्वास्थ्य देखभाल के ब्नियादी ढ़ांचे और टीकाकरण की योजना पर प्रस्त्तिकरण दिए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन रणनीति बनाना उन राज्यों में बह्त आवश्यक है जिनमें संक्रमण की दर अधिक है प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों ने आरटी पीसीआर और रेपिड एंटीजन टेस्ट के जरिये जांच बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन्होंने चिकित्सा उपकरणों के संचालन के लिए बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा

प्राइमरी कंटेक्ट और रेंडम टेस्टिंग का कोई श्ल्क नहीं लेने और ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कंटेनमेंट मेजर्स को इकतीस मई तक जारी रखने का निर्णय लिया गया राज्य सतर पर कंटेनमेंट मेजर्स ने भी बदलाव किया गया है और अब सभी द्रकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को दोपहर दो बजे तक ही ख्ला रखने की अन्मति होगी हायर कोविड पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में सख्त कंटेनमेंट मेजर्स किए जाएंगे इधर राजधानी ईटानगर के प्रभारी जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि क्षेत्र में कोविड की हायर पॉजिटिविटी दर को देखते हुए लॉकडाउन इकतीस मई तक बढ़ाया गया है उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेक्टर की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी

वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग सर्किल के ल्बांग गांव की रहनी वाली यांगजोम ने ग्यारह मई को द्निया के सबसे उंचे पर्वत एवरेस्ट पर चढ़ाई कर फतह किया और इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी तासी यांगजोम राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंद्ध खेल संस्थान निमास की प्रशिक्षक है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोविड के दो सौ चौसठ नए मामले दर्ज किए गए और दो सौ तेईस रोगी स्वस्थ्य ह्ए राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर दो हजार दो सौ दो हो गई है राज्य में स्वस्थ होने की दर घटकर नवासी दशमलव तीन चार प्रतिशत रह गई है

ईस्ट सियांग के एस पी स्मित क्मार झा ने कहा है कि गत ग्रुवार को पासीघाट के पास यापगो गांव में चौबीस एक महिला के साथ आरोपी की तीखी बहस होने के बाद महिला की हत्या की कोशिश की गई थी